राष्ट्रीय के साथ प्रदेश के नेता भी जुटे प्रचार में

परीक्षा परिणाम माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षा के परिणाम आज घोषित कर दिये गये मुख्यसचिव एसआर मोहन्ती ने परीक्षा परिणामों की घोषणा की

वहीं विज्ञान गणित संकाय में अशोकनगर जिले के चंदेरी की आर्या जैन पहले स्थान पर रहीं

हाईस्कूल परीक्षा में सागर के गगन दीक्षित और आयुष्मान ताम्रकार ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर हैं

सर्वप्रथम स्थान हासिल करने वाले गगन दीक्षित और आयुष्मान ताम्रकार सहित प्रावीण्य सूची में पहले पांच विद्यार्थी सागर जिले के हैं

विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार के पालीगंज में जनसभा में कहा कि विपक्षी दल कभी भी विकास की बात नहीं करते हैं क्योंकि उनकी दिलचस्पी अपने हितों में ज्यादा है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दल केन्द्र में कमजोर सरकार बनाना चाहते हैं ताकि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये ब्लेकमेलिंग का सहारा लेकर अपने काम करवा सकें वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के फरीदकोट में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बडे उद्योगपतियों के अरबों रूपये के कर्ज तो माफ कर दिया लेकिन किसानों के कर्ज नहीं माफ किये

केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने धार जिले के मनावर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा की उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी योजना बना रही है जिसमें किसान परंपरागत फसलों के स्थान पर ऐसी फसलें अपना सकें जिनका उपयोग पेट्रोलियम पदार्थो के रूप में किया जा सके

श्री गड़करी ने परिवारवाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी गरीबी दूर करने की बात कही थी और आज राहुल गांधी भी इसी का राग अलाप रहे हैं इससे पहले श्री गडकरी ने अलीराजपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित किया

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान इन्दौर मंदसौर उज्जैन और रतलाम झाबुआ सीटों पर चुनावी सभाएं कर रहे हैं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह देवास जिले के विजयगंज मंडी रतलाम जिले में शिवगढ़ और खरगोन सीट पर आभापुरी में चुनावी सभाएं कर रहे हैं वहीं केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल इन्दौर देवास और खंडवा में चुनावी रैलियां करेंगे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाक्र भी कल शाजापुर में देवास संसदीय सीट से भाजपा उम्मीद्वार के पक्ष में रोड शो करेंगी

वहां अब मतगणना की तैयारी शुरू हो गयी है भोपाल जिले में मतगणना के लिए आज से प्रशिक्षण की शुरूआत हो गयी आज अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले चरण का प्रशिक्षण दिया गया सतना में मतगणना कर्मचारियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया शाजापुर जिला मुख्यालय पर मतगणना के लिये नियुक्त किये गये माइको आब्जरवर्स गणना पर्यवेक्षक और सहायकों का प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ रायसेन में भी पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में मतगणना की तैयारी चल रही है आज कलेक्टर एस प्रिया मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने मतगणना स्थल का जायजा लिया और मतगणना संबंधी आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा श्यौपुर में भी आज मतगणना पर्यवेक्षक सहायक और माइको आब्जर्वर का प्रशिक्षण आयोजित किया गया सीहोर में भी शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा सरोज सिंह निधन पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज सिंह का आज दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया

मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया